केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई किसान संगठनों के प्रतिनिधि के साथ बुधवार को होगी छठे दौर की वार्ता राज्य में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव चार सात प्रतिशत हुई अब दो हजार से भी कम सक्रिय मामले सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को दी शुभकामनाएं जनता से अपनी क्षमता अनुसार सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील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

इस परियोजना के अंतर्गत कुल उनतीस किलोमीटर लम्बाई के दो मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्रों ताजमहल आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे

परियोजना के पूरा हो जाने से आगरा के एतिहासिक शहर को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी तीव्रग्रामी जन परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जाएगी

नये कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को केन्द्र सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी इससे पहले श्री तोमर ने किसान संघ नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सकें

उन्होंने कहा कि किसान संगठनों द्वारा केंद्र की नीतियों के विरोध में कल आठ दिसम्बर को भारत बंद का आहवान किया गया है जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगी राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े इसके लिए सरकार किसानों के हित में आने वाले समय में कई नियम कानून बनाने जा रही है

उसमें पूरे राज्य के लिए कृषि बजट और कृषि से संबंधित सुविधाओं पर चर्चा होगी धान खरीद के सवाल पर उन्होंने कहा कि धान क्रय सिस्टम को सुधार जा रहा है

राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सनतानबे दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है

मृतकों में धनबाद से दो जबकि जमशेदपुर गढ़वा पलामू रामगढ़ और रांची से एक एक मरीज शामिल है

इनमें एक हजार सात सौ छियानबे सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सात हजार चार सौ छियानबे मरीज ठीक हो गए हैं अब तक राज्य में नौ सौ छियासी लोगों की मौत कोरोना से हुई है वहीं तैंतालीस लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है

इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है

आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी कार्यरत और अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं

रामगढ़ जिले में कस्टम हायरिंग योजना द्वारा किराए पर दिए गए कृषि यंत्र किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं

चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना में पदस्थापित एएसआई नागेश्वर पंडित का एक विवादित ऑडियो सामने आने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है जज को रिश्वत देने के लिए प्रेरित करने वाले एएसआई को पुलिस अधीक्षक ऋषव कुमार झा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है जमीन से जुड़े एक मामले में मदद के लिए आरोपी एएसआई ने पीड़ित युवक को रिश्वत देने के लिए प्रेरित किया था जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था खूंटी के बुंडू अनुमण्डल के सभी थाना के पुलिसकर्मियों के साथ डीएसपी अजय कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की बैठक में नक्सलियों उग्रवादियों और विभिन्न कांडों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए श्री कुमार ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया बैठक में बुंडू थाना तमाड़ राहे दशम फॉल और सोनाहातू थाना से संबंधित थानाप्रभारी उपस्थित थे हजारीबाग जिले में जल जीवन मिशन के तहत घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है

भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया

वह ऐसा करने वाली विश्व की चौथी टीम बन गई है

दैनिक जागरण ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच बने गतिरोध की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है